मास्क पहने दो गज दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

एक अंग्रेजी दैनिक को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था उम्मीद से ज्यादा तेजी से पटरी पर लौट रही है और हाल में किए गए सुधार विश्व के लिए संकेत हैं कि नया भारत बाजार और बाजार की ताकत पर विश्वास रखता है उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार की ओर से हाल ही में किए गए श्रम सुधारों से विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों में वृदधि दर बढ़ाने और सार्थक परिणाम हासिल करने में मदद मिलेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड महामारी से निपटने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है संक्रमण के शुरूआती दौर में सम्यक उपाय किए जाने से सरकार को इससे बचाव की तैयारी में मदद मिली है

केंद्रीय कैबिनेट केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जूट सामग्री में अनिवार्य पैकेजिंग नियमों के विस्तार को मंजूरी दी है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हई कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिये गए

इसका फायदा किसानों को और गन्ने की मीलों दोनों को होगा

उन्होंने अधिकारियों को मास्क के उपयोग सोशल डिस्टेंसिंग और विभिन्न माध्यमों से जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग प्रशासन प्लिस और अन्य विभागों के बेहतर तालमेल से कोविड पर नियंत्रण के प्रभाव दिख रहे हैं लेकिन इस तरह की सतर्कता लगातार बरतनी होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड से बचाव के लिए अन्शासित तरीके से पैदल मार्च कर जागरूकता अभियान चलाया जाए उन्होंने वर्दीधारी विभागों प्लिस वन विभाग के अलावा मीडिया सामाजिक संगठनों कर्मचारी संगठनों छात्र संगठनों महिला समूहों किसान संगठनों और कोविड विनर्स के माध्यम से पैदल मार्च कर लोगों को जागरूक करने को कहा महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि त्योहारों को लेकर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्लिस जागरूकता अभियान चला रही है चालान के साथ ही मास्क भी वितरित किये जा रहे हैं स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कहा कि राज्य में कोरोना से रिकवरी रेट में सुधार हआ है उन्होंने बताया कि आगामी एक नवम्बर से दून मेडिकल कॉलेज सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज और अन्य अस्पतालों में ओपीडी शुरू करने की तैयारी है

इसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं स्कूलों के निरीक्षण को लेकर टीमें बनाई गई हैं जो स्कूलों में जाकर कोरोना की मद्देनजर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा ले रही हैं देहरादून के पहले स्मार्ट स्कूल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

क्लास रूम में सोशल डिस्टेसिंग के अन्सार छात्रों के बैठने की व्यवस्था की गई है इस दौरान बार बार सैनेजाइजेशन किया जाएगा कोरोना जागरूकता को लेकर भी क्लास चलाई जायेगी कोरोना सरक्षा बैठक चम्पावत जिले के टनकप्र बनबसा के उपजिलाधिकारी हिमांश् कफल्तिया ने त्योहारों के सीजन के दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने और उससे बचाव के लिए जरुरी दिशा निर्देश जारी किये हैं

उपजिलाधिकारी ने टनकपुर और बनबसा क्षेत्रों के व्यापर मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की और उनकी समस्याओं को सुना

दिव्यांग पहचान पत्र टिहरी जिले के प्रत्येक विकासखण्ड में दिव्यांगजनों के यूनीक डिसेबिलिटी आईडी यानि यूडीआईडी पहचान पत्र बनाये जाने के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है

इस साल कोरोना के कारण मेले को सांकेतिक रूप से मनाया जाएगा मेले में होने वाले पारंपरिक कार्यक्रमों का अयोजन नहीं होगा